वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पत्ति रोजगार और स्वरोजगार के रिकॉर्ड पर बैंक से कर्ज आसानी से उपलब्ध होता है उन्होंने कहा कि अब समपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिये बिना किसी विवाद के सम्पत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता प्रशस्त करेगा उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वामित्व योजना एक अहम व बड़ा कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले तीन चार वर्ष में देश के हर गांव के हर घर को सम्पत्ति कार्ड वितरित कर दिया जाएगा

इसका उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना और सरकार व नीति निर्माताओं को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है इस वर्ष का विषय है ये आपके हाथ है कोविड काल में अधिक सुसंगत उपाय करें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि गठिया न केवल जोड़ों बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डालता है उन्होंने लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज कुल्लू के दो दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं

पंजाब केसरी का शीर्षक है आज से स्कूल आएंगे सौ फीसदी शिक्षक व गैर शिक्षक स्कूल से ही करवाएंगे अब विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी दैनिक जागरण के शब्द हैं सात माह बाद आज स्कूल आएगा पूरा स्टाफ दिव्य हिमाचल के मुताबिक स्कूलों कॉलेजों में आज से पूरा स्टाफ

पंजाब केसरी के मुताबिक बिना मास्क हिमाचल पहुंचे पर्यटकों को पुलिस ने पहनवाए मास्क केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामले राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर की चुनौती को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है कृषि कानूनों में किसान विरोधी एक भी शब्द बता दें दैनिक भास्कर की सुर्खी है कृषि विधेयक पर कांग्रेस से किसी भी जगह खुली बहस को तैयार हूं लाखों किसानों को झटका एक साथ देना होगा मार्च सितंबर का ब्याज अमर उजाला की खबर है आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है सरकार लैंगिक समानता पर काम करने के लिये प्रतिबद्ध महिला कल्याण बोर्ड का किया गया है पुनर्गठन पंजाब केसरी और आपका फैसला के एक जैसे शब्द हैं मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क अप कैंपेन में भाग लेने का किया आग्रह

कोरोना से जूड़ी खबर पर पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है शिमला के कारोबारी की कोरोना से मौत